मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश में निवेश की है अपार संभावनाएं सरकार इसे सही वातावरण देकर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर है अग्रसर शारदीय नवरात्र आज से शुरू प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवी मंदिरों पर लगी है श्रद्वालुओं की भारी भीड़ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अमरीका की सप्ताह भर की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटने पर कल भव्य स्वागत किया गया नई दिल्ली के पालम स्थित वाय सैनिक हवाई अड्डेपर कई केन्द्रीय मंत्री भाजपा कार्यकर्ता भाजपा के कार्यवाहक अध्यक्ष जे पी नड्डा पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख मनोज तिवारी और कई भाजपा सांसद उपरिथित थे अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने भव्य हाउड़ी मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया द्यूस्टन के एन आर जी स्टेडियम में उन्हॉने भारतीय मूल के करीब पचास हजार अमरीकी नागरिकॉ और प्रवासियों को संबोधित किया अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ह्यस्टन के इस कार्यक्रम में शामिल हुए इसके अगले दिन तेईस सितम्बर को प्रधानमंत्री ने न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जलवायू शिखर सम्मेलन को संबोधित किया चौबीस सितम्बर को प्रधानमंत्री ने गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया और महात्मा गांधी की डेढ़ सौवीं जयती के सिलसिले में एक विशेष कार्यक्रम को सबोधित किया उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता भी की उन्होंने बुधवार को ग्लोबल बिजनेस फोरम की बैठक को भी संबोधित किया प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा का समापन संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उनके भाषण से हुआ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीकी यात्रा का जिक्र करते कहा कि विदेश में भारत की स्वीकृति बढ़ी है इसके लिए मैं एक सौ तीस करोड़ देशवासियों को धन्यवाद देता हूँ श्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया की नजरो में भारत के प्रति सम्मान और आदर बढ़ा है इसका प्रमुख कारण आप लोग हैं जिन्होंने दूसरी बार भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वोट दिया लोगों का अभिनन्द स्वीकार करते हए प्रधानमंत्री ने तीन साल पहले अटठाईस सितम्बर दो हजार सोलह को भारतीय सेना आतंकी शिविरो पर की गयी सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया श्री मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की बधाई देते हए कहा कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरे स्वागत के लिए यहां आए इसके लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सम्पूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा इसके साथ ही यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट इन और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय सुचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा द्रदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा हिंदी प्रसारणके ठीक बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात आठ बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा भारत ने कहा है कि उसे अपनी बात रखने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं है उसका कहना है कि कम से कम ऐसे लोगों की मदद तो कतई नहीं चाहिए जिन्होंने घृणा और आतंकवाद का कारोबार फैला रखा है संयुक्त राष्ट्र में जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारत के स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा मोइत्रो नेकहा जहां पाकिस्तान आतंकवाद के साथ साथ घणा फैलाने में लगा है वहीं भारत जम्मुकश्मीर और लद्दाख में विकास करके लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने में लगा हुआहै भारत विविधता तथा संयम की सदियों पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा को सही अर्थो मेंअपना रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के चौहत्तरवें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के वक्तव्य की कड़ी आलोचना करते हुए मैत्रा ने कहा कि इमरान खान की परमाण् विनाश की धमकी आतंकवाद की भाषा है स्श्री मोइत्रो ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों की संख्या उन्नीस सौ सैंतालिस के तेईस प्रतिशत की तुलना में आज मात्र तीन प्रतिशत रह गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संमावनाएं है जिन्हें राज्य सरकार सही वातावरण देकर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ रही हैं मुख्यमंत्री दिल्ली में वाईपीओ के दिल्ली चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में कनेक्टिविटी वेहतर हई है और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काम अगस्त दो हजार बीस तक पूरा होने की संभावना है इसके अलावा बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरू किया जायेगा श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये आई आई एम के विशेषज्ञों से भी सहायता ले रही है उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आज भारत दुनिया में निवेश का गंतव्य है उसी प्रकार देश के अन्दर उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे पहला गंतव्य है उन्होंने कहा कि पूरे एशिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स रेट होने से यहां के उद्यमी अपना माल आसानी से निर्यात कर सकेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ के विभिन्न संस्थानों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के साथ कल संवाद किया संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाये जाने पर उनकी राय जानी तथा उनको उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया इससे पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर अलीगढ़ से आये कश्मीरी छात्रों का स्वागत किया छात्र छात्राओं से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी बातचीत से ही हर समस्या का समाधन निकल सकता है इसलिए संवाद जरूरी है उन्होंने कहा कि संवाद के द्वारा ही हम एक अच्छा माहौल बना सकते हैं प्रधानमंत्री द्वारा उठाये गए कदमों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि नए कश्मीर के निर्माण का संकल्प है जिसे हम सब लोगों को मिलकर पूरा करना है शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया है प्रदेश भर के शक्तिपीठो और देवी मंदिरों में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है ब्रम्हमुहूर्त से ही श्रद्वाल माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं लोग अपने घरो में भी कलश स्थापना कर के पूजा अर्चना शुरू कर रहे हैं आज शारदीय नवरात्र के पहले दिन मॉ भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलप्त्री की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्र की हार्दिक बधाई दी है उन्होंने दर्शनार्थियों की सरक्षित यात्रा और उनकी वापसी की व्यवस्था के लिए बेहतर परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के वास्ते अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने सभी शक्तिपीठों पर चौबीसो घण्टे बिजली की आपूर्ति तथा अतिरिक्त ट्रान्सफार्मरो की व्यवस्था करने को भी कहा है एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की बड़ी संख्या में श्रद्वाल नारियल पृष्प लाल चुनरी और सिंदूर मां के चरणों में अर्पित कर रहे हैं पूरा वातावरण जय उद्घोष से गुंजायमान है प्रदेश के बलरामपुर में देवीपाटन सीतापुर में नैमिषारण्य और सहारनपुर में मां शाकमरी देवी सहित अन्य शक्तिपीयों पर भी श्रद्वालुओं की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने इस अवसर पर लोगों को शुमकामनाए दी हैं श्रद्वालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में शक्तिपीठों पर सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए हैं रेलवे और प्रदेश परिवहन निगम ने इस अवसर पर विशेष रेलगाड़ियों और बसों की व्यवस्था की है बहत सारी रेलगाडियों को विंध्याचल पर ठहराव दिया गया है प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचल के माता बिन्ध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है मेले की सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गये हैं और विवरण हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से माँ विध्यवासिनी की जय जयकारो के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विध्याचल मे शारदीय नवरात्र मेला प्रारम्भ हो चुका है भोर में जैसे ही मंदिर के कपाट खुले समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारे से गुँज उठी कल से ही श्रधालुओं के धाम मे पहँचने का सिलसिला अभी भी जारी है श्रधालुओं की लम्बी कतारें मंदिर परिसर व गलियों मे लगी हुई है लोग माँ विध्यवासिनी देवी का दर्शन कर माँ अष्टभ्जा माँ काली व माँ तारा देवी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे है इस वार मेले मे सुरक्षा के लिये ड्रोन कैमरे और सी सी टीवी से निगरानी कराई जा रही है नवरात्र भर दर्शनार्थियों के लिये मंदिर बीस घंटे खुला रहेगा नवरात्र तक माँ के चरण स्पर्श पर पावंदी लगाई गई है

इनमें पड़ोसी देश नेपाल से आए श्रद्वाल् भी शामिल हैं वाराणसी के द्र्गाक्ण्ड सहित विमिन्न देवी मंदिरो और अयोध्या के बड़ी देवकाली छोटी देवकाली जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरो पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्दालुओं का तांता लगा हुआ है सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित मॉ शाक्म्भरी देवी सहित परिचमी जिलों के विभिन्न देवी मंदिरो में श्रद्वाल दर्शन पूजन कर रहे हैं गोरखपुर जिले में मॉ तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर पर भी ब्रम्हमुहूर्त से श्रद्वालु दर्शन पूजन कर रहे हैं